स्वच्छता पीएम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़े का शुभारंभ किया दो अक्तूबर गांधी जयंती तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य साफ सफाई के काम में लोगों का सहयोग जुटाना और स्वच्छता अभियान को और सशक्त बनाना है ताकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सके

आज से लेकर दो अक्टूबर यानी पूज्य बापू की जया ती तक देशभर में हम सभी नई ऊर्जा के साथए नए जोश के साथ अपने देश कोए अपने भारत को सवच्छ बनाने के लिए श्रमदान करेंगेए अपना योगदान दें गे इस आहवान के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरूआत की इस मौके प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को आदत बनाने पर बल दिया स्वच्छता एक आदत हणजिसको नित्य के अन्भव में शामिल करना पड़ता हण ये सुवभाव में परिवर्तन का यज्ञ हण जिसमें देश का जन जन आप सभी अपनी तरह से सक्रिय योगदान दे रहे हैं

ये भारत भारतवासियों कीए आप सब सवचछाग्र हियों की ताकत हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से देश मे लोगों का जीवनस्तर सुधारने और डायरिया के रोगियों की संख्या में कमी आई है बात चाहे ीमंसजी की हो या मंसजी की होए सवचछता लोगों के जीवन में संधार लाने में बहत बड़ा योगदान दे रही हा

उन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जनसहयोग की जरूरत बताई हमें देश के हर कोने में सफाई का यह सवभाव हर महीनेए हर वर्ष मनाते रह ना होगा चार वर्ष पहले जो अभियान शरू हआए सवचछता का आनदोलन अब एक महतवपूर्ण पड़ाव पर आ पहक्षा है

नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कचरे के प्रबंध को अधिक प्रभाव बनान होगा और सरकार कचरे से आमदनी के प्रयासों को सफल बनाने के लिए गंभीरता से उपाय कर रही है उन्होंने स्वच्छता के इस आंदोलन को सफल बनाने में युवाओं की भूमिका की सराहना की

उन्होंने सांसद रामस्वरूप शर्मा विधायक राकेश जमवाल इंद्र सिंह गांधी विनोद कुमार और प्रकाश राणा सहित राज्य के भाजपा नेताओं के साथ मिलकर हिमाचल भवन और आसपास के परिसर की सफाई इसके अलावा प्रदेश में भी इस अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया शिमला के पीटरहॉफ में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारम्भ किया

उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से इस संबंध में भरपूर सहयोग की अपील की

सांसद रामस्वरूप शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उत्कृष्टता के साथ प्रदर्शन का प्रयास करेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश विकास के शिखर को छू सकें जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार केवल साकारात्मक एंजेंडे के साथ काम करेगी और लोगों का कल्याण ही सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा उन्होंने कहा कि सायर महोत्सव प्रदेश विशेषकर मंडी के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव है मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले हिमाचली समुदाय के लोगों से अपनी परम्पराओं को जीवित रखने का आवाहन भी किया सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मंडी के विकास को प्राथमिकता देने के लिए मुख्यमंत्री का आमार जताया मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल जिला प्रशासन व अन्य विभागीय अधिकारियों को सर्दियों के दौरान अपने कार्यालयों में रसोई गैस सिलेंडर का भंडारण न करने के निर्देश दिए हैं केलंग में आज परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर का भंडारण शहर से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर करें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके उन्होंने विभागीय अधिकारियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाम आम जनता तक पहंचाने के लिए निश्चित समय अवधि में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश भी दिए मारकंडा ने कहा कि घाटी में मत्सय पालन को बढ़ावा दिया जाएगा और बेरोजगार युवाओं को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा

समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आज शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है ताकि विद्यार्थी शिक्षा के बाद अपनी आजीविका के लिए केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर न रहे उन्होंने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के प्राध्यापकों से समाज के उत्थान के लिए शोध करने का सुझाव दिया

वीरेंद्र कश्यप शिमला के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने केंद्रीय रेल मंत्री पियूष गोयल से विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाईन के सौंदर्यकरण और धर्मपुर कुमारहट्टी बड़ोग कंडाघाट कैथलीघाट समरहील और शिमला रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की मांग की है उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान इस रेल मार्ग पर पर्यटकों की मारी आमद रहती है और इनके सुधार से पर्यटन व्यवसाय को और बल मिलेगा उन्होंने पांवटा साहिब को यमुना नगर से भी जोड़ने का आग्रह किया अनुराग लोकसभा में मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्र द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ौतरी को सरकार का सराहनीय कदम बताया है उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में इस ऐतिहासिक बढ़ौतरी से उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने के अलावा उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना निशुल्क देने का फैसला भी लिया है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है

किन्नौर से हमारे प्रतिनिधी ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है राजीव सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता और योग्यता के बल पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं